अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छत्तीसगढ़ को वयोश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा

अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पिपरिया को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है साथ ही उन्होंने तीन सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पिपरिया में आयोजित कार्यक्रम में एक अरब सोलह करोड़ रूपये के तिरालीस विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कवर्धावासियों के लिए रेललाइन और करोड़ों रूपये के विकास कार्यों की सौगात देने जल्द ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल कवर्धा आएंगे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए छत्तीस करोड़ संतानवे लाख रूपये के चना प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बिरकोना कलस्टर की योजना का भी शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में भी अटल विकास यात्रा के दौरान आयोजित आमसभा में करीब तीन सौ पैंतालीस करोड़ रूपये के पांच सौ छप्पन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित आमसभा में भी शामिल हुए मेगा फूडपार्क कृषि उपजों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धमतरी जिले के ग्राम बगौद बंजारी में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मेगाफूड पार्क का लोकार्पण किया लगभग एक सौ सत्तर एकड़ क्षेत्र में फैले इस मेगाफूड पार्क का निर्माण पैंतालीस करोड़ रूपए की लागत से किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इस फूडपार्क का निर्माण किया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेगाफूड पार्क किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मददगार साबित होगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि उपजों पर आधारित एक सौ छियालीस खाद्य प्रसंस्करण जी जामगांव औद्योगिक प्रक्षेत्र का भी भूमिपूजन किया इस फूडपार्क में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की निर्माण इकाईयों के साथ साथ सॉफ्टड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेज सोडावाटर आटा मैदा सूजी बिस्किट और फलों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं इन उद्योगों के शुरू होने पर लगभग एक हंजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इसके साथ ही अच्छी कीमत पर किसानों की उपजों की खपत भी इनमें होगी जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी सिकलसेल संस्थान लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर और कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले सिकलसेल संस्थान परिसर का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने परिसर में ही तीस बिस्तरों वाले नये सिकलसेल अस्पताल भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया इस मौके पर सिकलसेल रोग से संबंधित पोस्टर और पॅम्फलेट का विमोचन किया गया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री चन्द्राकर ने कहा कि इस संस्थान को सिकलसेल और रक्त संबंधी शोध संस्थान के रूप में विकसित करने पर बल दिया

प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू को यह पुरस्कार प्रदान किया इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि वृद्वजनों का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है क्योंकि वे ही समाज को सचेत करने वाले रक्षक हैं श्री नायडू ने इस पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार समाज कल्याण विभाग और राज्य की जनता को बधाई दी है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने छह माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इनमें से एक माओवादी पर दस हजार रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने बासाग्र्डा जांगला और मिरतूर थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक ये माओवादी आगजनी हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट जैसे वारदातों में शामिल थे

मुख्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं साथ ही यह भी कहा है कि प्रथम चरण में किये गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का प्रतिवेदन भी भेजा जाए गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है चुनाव में ईव्हीएम औश्र वीवीपैट मशीनों का उपयोग पहली बार पूरे राज्य में किया जाएगा श्री साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की यह भी मंशा है कि आम नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जाए इस बीच मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य मतदान करने के लिए शपथ दिलाई सभी कर्मियों ने शपथ लिया कि वे अपने परिवार के अट्ठारह वर्ष की आयु प्ररी कर चुके सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएंगे साथ ही चुनावों में भय और लोभ से मुक्त होकर मतदान करने और नैतिक दायित्व निभाते हुए अन्य व्यक्तियों को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित कर्रगे इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भागीदार बनेंगे गांधी शास्त्री जयंती मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं डॉक्टर सिंह ने दोनों महान विभूतियों की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी शुभकामना संदेश में कहा है कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी दोनों भारत माता के अनमोल रत्न थे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देशवासियों को संगठित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को अपना ऐतिहासिक नेतृत्व दिया वहीं लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की तरह शास्त्री जी का जीवन भी सच्चाई और सादगी का जीवन रहा है शास्त्री जी ने चुनौतीपूर्ण दौर में देशवासियों में उत्साह और राष्ट्र भक्ति का संचार करने के लिए जय जवान जय किसान का प्रेरणादायक नारा दिया था मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से दोनों महान विभूतियों के जीवनदर्शन के अनुरूप अपने अपने कार्य क्षेत्र में देश की सेवा के लिए तत्पर रहने का आव्हान किया है गांधी जयंती छायाचित्र प्रदर्शनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में राजभवन में कल से चार अक्टूबर तक गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी इसमें विशेष रूप से महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित छायाचित्र गांधी साहित्य और उनके लिखे हुए पत्रों की छायाप्रति को शामिल किया जाएगा इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा चरखा खादी के वस्त्रों और उनके जीवन पर आधारित विशेष वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही स्वच्छता प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी प्रदर्शनी देखने के लिए कार्यालयीन समय में ओपन हाउस खुला रहेगा प्रदर्शनी का अवलोकन शालेय और महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के साथ आम नागरिक भी कर सकेंगे गांधी जयंती पर कल रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में भजन संगीत संध्या और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा इसके अलावा गांधी जी से संबंधित डाक टिकटों पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

प्रदेशव्यापी इस झाड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेता गोपाल राय और अलका लांबा आज रायपुर पहंचे राजधानी रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि दस दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राज्य सरकार की कथित अनियमितताओं को जनता के सामने लाया जाएगा इस झाड़ू यात्रा में गोपाल राय बस्तर कांकेर राजनांदगांव और दुर्ग का नेतृत्व करेंगे वहीं अलका लांबा रायपुर और महासमुंद जिलों में निकाली जाने वाली यात्रा का नेतृत्व करेंगी

कोंडागांव जिले में नारायणपुर मोड़ के पास आज एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए धमतरी में अपनी बीस सुत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा